दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आठ लाख रूपए की इनामी महिला माओवादी को किया गिरफ्तार

इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी इस सीट के लिए चार सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे वहीं नामांकन पत्रों की जांच पांच सितंबर को की जाएगी उम्मीदवार सात सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे इस सीट पर तेईस सितंबर को वोट डाले जाएंगे और सत्ताईस सितंबर को मतगणना होगी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उप चुनाव की घोषणा होने के साथ ही दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि उपचुनाव के दौरान दंतेवाड़ा में जो भी प्रत्याशी होगा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी गौरतलब है कि दंतेवाड़ा सीट से भाजपा विधायक रहे भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माओवादी हमले में मौत हो गई थी इसके बाद से यह सीट रिक्त है सरकार सेनेटरी नैपकिन कुंद्र सरकार ने जनऔषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनेटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया है केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए वाजिब मूल्य पर सुरक्षित हाईजीन उत्पाद उपलब्ध हों इस अवसर पर एक मोबाईल एप जनऔषधि सुगम भी शुरू किया गया जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति निकटतम जनऔषधि केंद्र का पता लगा सकता है सामुदायिक रेडियो केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए जिस पर स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मुद्दों पर जागरूक हो सकें वे नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है इस तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है जीएसटी रिटर्न केन्द्र सरकार ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि जीएसटीआर नौ या जीएसटीआर नौ ए फॉर्म अब तीस नवम्बर तक भरे जा सकेंगे फार्म भरने की अंतिम तिथि पहले इकतीस अगस्त थी श्रमिक आयु राज्य में निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों के कर्मचारी और श्रमिक अब अंठावन साल की जगह साठ साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे चालू माह अगस्त से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा यह फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर लिया गया है इस आशय की अधिसूचना पांच अगस्त को प्रकाशित की जा चुकी है राज्यपाल सम्मान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जनजाति समाज के लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर समाज हित में कार्य करना चाहिए जिससे जनजाति समाज का समुचित विकास हो सके सुश्री उइके ने यह विचार कल आदिवासी सेवा मण्डल द्वारा भोपाल में उनके सम्मान में आयोजित समारोह में व्यक्त की राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समाज मान और सम्मान से जीता है उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद तक पहुंचने और सफलता का श्रेय जनजाति समाज को जाता है उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के सदस्य होने के नाते जनजाति समाज के विकास के लिए उनसे जो भी संभव होगा वे पूरा करने का प्रयास करेंगी तबादला प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के सत्रह अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं इनमें कई अपर कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं जारी आदेश के अनुसार सुखनंदन अहिरवार को अपर कलेक्टर कोरिया ईश्वर लाल ठाकुर को अपर कलेक्टर धमतरी एसएन मोटवानी को अपर कलेक्टर सूरजपुर की जिम्मेदारी दी गई है वहीं कामता प्रसाद साय को जशप्र का अपर कलेक्टर बनाया गया है इसके अलावा वन विभाग में भी करीब अस्सी अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है इनमें उप वनमंडलाधिकारी सहायक वन संरक्षक सहायक संचालक और उप प्रबंध संचालक के नाम शामिल हैं

पुलिस के अनुसार यह महिला माओवादी संगठन में डिप्टी कमांडर के रूप में काम कर रही थी और कई बड़ी माओवादी वारदात में शामिल थी

वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक सामान के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है इन पर माओवादी होने का आरोप है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने इन आरोपियों को भेज्जी थाना क्षेत्र के एलाड़मड़गु रेगाड़गट्टा के जंगलों से पकड़ा है उनके पास से बीस मीटर वायर जिलेटिन काला पिट्ढू बैग और अन्य सामान बरामद किया गया है इस बीच कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगड़ा गांव में एक ग्रामीण युवक की माओवादियों ने हत्या कर दी ग्रामीण का शव जंगल से बरामद किया गया है घटना की पुष्टि करते हुए अंतागढ़ एसडीओपी पुपलेश कुमार ने बताया कि गांव में लगभग तीस वर्दीधारी माओवादी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जन अदालत लगाकर ग्रामीण युवक की हत्या कर दी है राजस्व लोक अदालत प्रदेश में राजस्व मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन इकतीस अगस्त को किया जाएगा मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और विधिक अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें लोक अदालत की तैयारी करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण आपसी राजी नामे से किया जाएगा इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी खेल अलंकरण पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उनतीस अगस्त को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुने हुए खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कार और अलंकरण प्रदान करेंगे खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए अंतिम सूची जारी कर दी गई है आठ खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार सात खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वहीं दो प्रशिक्षकों और एक निर्णायक को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार पांच खिलाड़ियों को शहीद विनोद चौबे सम्मान बीस खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान दिया जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री ट्राफी पुरस्कार के लिए सायकल पोलो के सीनियर और जुनियर वर्ग के पांच पांच खिलाड़ियों का चयन किया गया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की दूसरी कड़ी का प्रसारण आठ सितंबर को होगा इस दौरान मुख्यमंत्री आम जनता से रूबरू होंगे और हर वर्ग की भावनाओं सवालों सुझावों से अवगत होने के साथ साथ अपने विचार भी साझा करेंगे लोकवाणी में इस बार का विषय युवा और शिक्षा रखा गया है इसमें शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति कल से तीस अगस्त तक आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ एम चैनलों से सुबह दस बजकर तीस मिनट से दस बजकर पचपन मिनट तक किया जाएगा कांग्रेस प्रवेश दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव की घोषणा होने के बाद जिले के पन्द्रह सौ से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने एक बयान जारी कर बताया कि दंतेवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के समक्ष इन सभी ने कांग्रेस प्रवेश किया है इनमें चार सरपंच भी शामिल हैं

रायगढ़ जिले के लाखा गांव से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए तीन सौ पन्द्रह टन कबाड़ के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है कबाड़ की कीमत करीब एक करोड़ रूपए बताई जा रही है दुर्ग पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आठ हुक्का बारों में छापा मारा और इक्कीस हुक्का बरामद किए हैं रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय और निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी सीधे शामिल हो सकते हैं छात्र उनतीस अगस्त तक मेरिट के आधार पर आवेदन कर सकेंगे इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग नौ सितंबर को होगी